मानव श्रंखला बनाकर स्वच्छता का दिया संदेश

स्लग लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के शेष दो चरणों का प्रचार जोर पकड़ रहा है भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि उनकी सरकार ने पिछले पांच वर्षो में समाज के सभी वर्गो के लिए कार्य किया है

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने झारखण्ड के धनबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में रोड शो किया

कांग्रेस अध्यक्ष ने रफाल मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए उनके खिलाफ टिप्पणी की थी तीन पृष्ठों के नये हलफनामे में कांग्रेस अध्यक्ष ने फिर कहा कि वे उच्चतम न्यायालय का सर्वाधिक सम्मान और आदर करते हैं उन्होंने भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले पर कार्रवाई बंद करने का आग्रह भी किया उधर उच्चतम न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव की उस याचिका की सुनवाई करने से इंकार कर दिया जिसमें चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गयी थी हालांकि प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोइ और न्यायमूर्ति दीपक ग्रप्ता की पीठ ने याचिकाकर्ता को निर्वाचन आयोग के विभिन्न आदेशों के खिलाफ नये सिरे से याचिका दायर करने की इजाजत दे दी है

उनका कहना है कि ऐसा न करने पर जल निकाय बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं अल्मोड़ा के जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान में आयोजित एक सेमिनार में खासतौर पर समुद्र तल से तीन हजार मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित हिमालयी झीलों के संरक्षण के तरीकों पर चर्चा की गयी संस्थान के निदेशक रणवीर सिंह रावल ने बताया कि सेमिनार में सभी का मानना था कि अगर इन झीलों को समय रहते संरक्षित नहीं किया गया तो हिमालयी क्षेत्र में स्थित प्राकृतिक जल स्रोत प्रभावित हो सकते हैं ये झील हिमालयी हिमनदों से पानी लेती हैं और इन्हीं के जरिए प्राकृतिक स्रोत और नदियों में पानी जाता है इस दौरान उच्च हिमालयी क्षेत्रों में झीलों के संरक्षण और प्रबंधन पर एक आकलन पत्र तैयार किया गया आकलन पत्र जल्द ही देश के नीति निर्माताओं के सामने प्रस्तुत किया जायेगा

पंतनगर के कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तकनीक को अपना कर किसान कम भूमि पर अधिक उपज हासिल कर सकते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार हाईड्रोपोनिक तकनीक से सब्जियों और फलों का उत्पादन किया जाए तो उत्पादों को बीमारियों से बचाया जा सकता है हाईड्रोपोनिक तकनीक में मिट्टी के स्थान पर लकड़ी के बुरादे नारियल की जटा के बुरादे और बजरी का इस्तेमाल किया जाता है इस विधि में कलम पद्वति से पौधों को जल प्रवाह के बीच अंक्रित किया जाता है मिट्टी का प्रयोग न होने से पौधों में जमीन संबंधी बीमारियां नहीं होती इसकी खेती घर की छत या बालकनी या कम जगह में भी की जा सकती है उत्तराखंड राज्य जैव प्रौद्योगिकी के वैज्ञानिक डॉ सुमित पुरोहित का कहना है कि इस तकनीक के जरिए जहां एक तरफ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है वहीं दूसरी तरफ कम पानी की खपत होती है

जिला प्रशासन ने सभी विभागों के साथ एक अहम बैठक कर आपदाओं से निपटने के लिए एक रोड मैप तैयार किया साथ ही सभी विभागों के बीच कार्यो का बंटवारा भी किया गया इस दौरान जिलाधिकारी विजय जोगदंडे ने सभी विभागों से मानसून सीजन में होने वाली आपदाओं के लिए तैयार रहने को कहा उन्होंने कहा कि पूरी प्लानिंग के साथ अगर काम किया जाये तो आपदा के दौरान होंने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है जिलाधिकारी ने सेना और अर्द्वसैनिक बलों से भी मानसून काल के लिए तैयारी करने को कहा और उनसे सहयोग की अपील की स्लग स्वच्छता अभियान अल्मोड़ा अल्मोड़ा नगर और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया गया जिसमें दस हजार से ज्यादा लोग शामिल हुए जिला प्रशासन और नगरपालिका द्वारा क्वारब से कोसी और चितई से डीनापानी तक अभियान चलाया गया

इसके बाद मानव श्रृंखला बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि प्रयास किये जा रहे हैं कि शहर में आने वाले पर्यटकों को स्वच्छ वातावरण मिले और वे यहां से अच्छी यादें और छवि लेकर जाएं उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह के अभियानों को जारी रखा जाएगा जल्दी ही रानीखेत जागेश्वर सोमेश्वर आदि स्थानों में भी स्वच्छता अभियान चलाये जाएंगे उन्होंने कहा कि नगर कस्बों की सफाई के लिए नोडल अफसरों की तैनाती की गई है

इस हादसे में दो बच्चों समेत चार लोगों की मृत्यु हो गई यह लोग एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए देहराद्न जा रहे थे यह घटना मंगलवार शाम की है लेकिन इसका पता आज सुबह चला एक समाचार एजेंसी के मुताबिक पौड़ी जिला सूचना अधिकारी बद्रीचन्द नेगी ने बताया कि पौखड़ा से देशबंधु सिंह नेगी अपने भतीजे और भतीजी के साथ देहरादून के लिए निकले थे कार को चालक कुलदीप सिंह रावत चला रहे थे

आज सुबह सिलोगी में लोगों ने खाई में कार गिरी देखी तो लैंसडौन और लक्ष्मणझूला पुलिस को इसकी सूचना दी मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों शवों को खाई से निकाला

इस बीच बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद गौरीकुंड से केदारधाम पहंच गई है केदारनाथ में मंदिर के कपाट खुलने को लेकर भारी उत्साह है यहां बड़ी संख्या में डोली के साथ श्रद्वालु पहुंच गये हैं पंच मुखी डोली के साथ रावल केदारलिंग मंदिर समिति के पदाधिकारी और जिला प्रशासन के लोग हैं जे एडं के लाइट इन्फेट्री का बैंड कपाट खुलने के मौके पर मौजूद रहेगा केदारनाथ में मौसम अच्छा है और आज भी वहां धूप खिली रही गौरतलब है कि गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट पहले ही खुल चुके हैं जबकि बदरीनाथ के कपाट दस मई को खुलेंगे

चमोली जिले में जोशीमठ के नृसिंह मंदिर से आज शंकराचार्य की गद्दी और गाड़ घड़ा तेल कलश यात्रा पांड्केश्वर के लिए रवाना हुई इस दौरान श्रद्धालुओं ने गाड़ू घड़ा यात्रा पर फूलों की वर्षा की और सेना के बैंड ने मध्र ध्वनि बजाकर गाड़ ब घड़ा को रवाना किया यह यात्रा मारवाड़ी विष्णुप्रयाग और गोविंदघाट होते हुए योगध्यान मंदिर पांडुकेश्वर पहुंची रास्ते मे जगह जगह श्रद्वालुओं ने शोभा यात्रा का स्वागत किया और पूजा अर्चना की कल नौ मई को पांडुकेश्वर से गाडूधड़ा आदिगुरु शंकराचार्य की पवित्र गद्दी उद्वव जी कुबेर जी रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी सहित बदरीनाथ धाम पहुंचेंगे

पूरे विश्व में रेडक्रॉस द्वारा किये गये अच्छे कार्यों को उजागर करने के लिए हर वर्ष आज के दिन यह दिवस मनाया जाता है चमोली में विश्व रेडक्रास दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया इसमें दुर्बल और असहाय लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने का संकल्प लिया गया जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि रेडक्रॉस सोसाइटी का गठन निष्पक्षता तटस्थता एकता और सार्वभौमिकता के साथ स्वयं प्रेरित होकर मानव की निस्वार्थ सेवा के लिए किया गया है